एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पिछले सप्ताह से श्रू की गई इस पहल को एक महीने को एक महीने तक चलाया जायेगा भाषा संगम स्क्लों व शिक्षण संस्थानों के लिए ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं का बहभाषी सम्रप्क ेदेगा भाषा संगम का एक ओर उद्देश्य भाषाई सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ाव देना और राष्ट्रीय अखंता को लाना है मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भाषा संगम अगल अलग भारतीय भाषाओं के प्रति जिज्ञासा जगाने और उन्हें सीखने के लिए रूचि जगाने के लिए है एचआरडी मंत्रालय की सचिव रीना रे ने कहा कि संविधान की अन्सार आठ मे यूतो बाइस भाषाओं सूचीबदव है पर अधिकांश छात्र केवल एक या दो भाषाओं से ही परिचित है

शीर्ष अदालत ने नीट के लिए फार्म जमा करने की आखिरी तारीख कल से एक सप्ताह ओर बढ़ा दी है ताकि आय् मानदंडो के तहत जो आवेदन नहीं कर पाये वे अब आवदेन के लिये सक्षम हो सके

सर्वोच्च नयायालय का यह निर्णय मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए नीट की ऊपरी आयु सीमा रखने के मेडिकल कांउसिंल के क्षेत्र में आता है शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने कहा है कि अगले शिक्षासत्र से रेजांगला युद्व का इतिहास स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा जिससे बच्चो को वीर शहीदों के जीवन से प्ररेणा मिले उन्होंने कहा िक रिवाड़ी जिले के गांव पाली गोठड़ा में बनने वाले सैनिक स्कूल के भवन के रूके हए फंड को तीन माह के रिलीज किया जायेगा

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि बच्चे देश की भविष्य है अंत ग्रूजनों का बेहतर भविष्य बनाना चाहिए विश्व ऐडस दिवस के अवसर पर पंचकुला जिला स्वास्थ्य विभाग दवारा एक से सात दिसमबर तक ऐडस जागरूतकता सप्ताह मनाया जायेगा

पंचकूला जिला नगर योजना कार द्वारा मोरनी नियंत्रित क्षेत्र में मोरनी अन्सूचित मार्ग पर बन रहे अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान चलाया गया नगर योजनाकार श्रीमती लता हडा ने बताया कि अभियान की श्रूआत में तीन अवैध निर्माण गिराये गये है इन को हटाने के नोटिस दिये गये थे लेकिन इन्हें नहीं हटाया गया इसलिये आज जिला खंड विकास अधिकारी तथा विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ व प्लिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण हटाने का काम किया गया उन्होंने कहा कि अनाधिकृत निर्माणों को गैर कानूनी मानते हुये निर्माणकर्ता के खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी

हरियाणा में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब उपभोक्ता को एक बेहतरीन सोलर होम सिस्टम प्रदान किया जायेगा इसके लिए नवीकरण ऊर्जा विभाग ने निविदायें आंमत्रित की हुई है जिनका मूल्यांकन चल रहा है और यह कार्य अंतिम चरण मे है

उच्च ग्णवत्ता वाले सोलर सिस्टम में लीथियम बैटरी दी जायेगी जिसके रख रखाव की आवश्यकता नहीं होगी और उसकी आय् भी ज्यादा होगी इस सोलर सिस्टम मे एक छत वाल पंखा तीन एलईडी लाईटस और एक मोबाइल चार्ज करने का पोर्ट होगा स्वास्थ्य खेल एवं य्वा कार्यक्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल विभाग द्वारा राई स्पोर्टस स्कूल को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को सरकार से जल्द स्वीकृत करवाया जायेगा जिससे प्रदेश में खेल स्विधाओं में विस्तार होगा और पूरे देश को हरियाणा से प्रशिक्षित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के कोच भी मिल सकेंगे

खेल मंत्री ने कहा कि हरियाणा की खेल नीति देश भर में सबसे बेहतर हे जिसके तहत ओलंपिक में पदक पाने वाली खिलाड़ी केा छ करोड़ रूपये ईनाम स्वरूप देने के साथ साथ आठ वर्ष की वरिष्ठता सहित एचसीएस और एचपीएस की नौकरी देने का प्रावधान है

प्लिस प्रवक्ता के अन्सार आरोपी को ओठां प्लिस की एक टीम ने गश्त व चैकिंग के दौरान रोहिड़ावाली गांव क्षेत्र से तब पकड़ा जब वो प्लिस को आता देख वापस भागने लगा प्लिस ने पकड़े गये आरोपी से स्प्लायर का पता कर कंदी निवासी मुकूंद उर्फ साहवाला प्रथम को भी काबू कर लिया है और ओढ़ा थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है सहकारिता राज्यमंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है श्गर मिलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है और आय के द्वसरे साधन पर भी काम किया जा रहा है

जगाधरी से बूडिया तक बीकेडी रोड को सरकार ने चारमार्गीय करने का निर्णय लिया है म्ख्यमंत्री घोषणा के तहत इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है

इसकी चौड़ाई डिवाईडर सहित साढ़े पन्दह मीटर होगी नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा दवारा मेयर का च्नाव पार्टी चिन्ह पर न लड़ने को लेकर दिप्पणी करते हए रोहतक में कहा कि कांग्रेस अपने खिसके हुए जनाधार की पोल ख्लने के डर से अपने अपने चुनाव चिन्ह पर मेयर का चुनाव नहीं लड़ रही और पुर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा इस कारण च्नाव से कन्नी काट गये है नेता विपक्ष ने कहा िक जहां तक सत्ताधारी भाजपा का सवाल है उनका कोई भी गंभीर उम्मीदवार भाजपा के च्नाव चिन्ह च्नाव नहीं लड़ना चाहता